राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्री वाजपेयी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है

नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी को अनुसार श्री वाजपेयी ने आज शाम पांच बजकर पांच मिनट पर अंतिम सांस ली उन्हें बीते ग्यारह जून को एम्स में भर्ती कराया गया था पिछले छत्तीस घंटों के दौरान श्री वाजपेयी के स्वास्थ्य में काफी गिरावट आई और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था

इस दौरान वे नौ बार लोकसभा के लिए और दो बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्री वाजपेयी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने शोक संदेश में उन्हें एक सच्चा भारतीय और राष्ट्रविद् बताया उपराष्ट्रपति वैंकेंया नायड् ने कहा कि भारत ने एक बहआयामी व्यक्तित्व को खो दिया है श्री वाजपेयी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अटल जी की प्रेरणा उनका मार्गदर्शन हर भारतीय को और हर भाजपा कार्यकर्ता को हमेशा मिलता रहेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रद्वेय अटल जी ने अपने जीवन का प्रत्येक पल राष्ट्र को समर्पित कर दिया था

श्री मोदी ने कहा कि श्री वाजपेयी का निधन उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती

वे भारत के ही नहीं बल्कि द्निया के महान नेताओं में एक थे छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ की जनता उन्हें राज्य निर्माता के रूप में हमेशा याद रखेगी इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह चंडीगढ़ में दिवंगत राज्यपाल बलरामजी दास टंडन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद सीधे नई दिल्ली जाकर एम्स पहुंचे उनके साथ छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल प्रदेश के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक भी मौजूद थे देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी श्री वाजपेयी के निधन पर गहरा द्ख व्यक्त किया है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए कल सुबह दस बजे तक उनके नई दिल्ली स्थित निवास में रखा जाएगा इसके बाद सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे तक स्वर्गीय वाजपेयी की पार्थिव देह को भाजपा कार्यालय में रखा जाएगा इसके बाद दोपहर एक बजे से उनकी अंतिम यात्रा विजयघाट के लिए निकलेगी स्वर्गीय वाजपेयी का अंतिम संस्कार कल शाम चार बजे नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे विजयघाट पर होगा

इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मौजूद थे गौरतलब है कि प्रदेश के राज्यापाल बलरामजी दास टंडन का चौदह अगस्त को रायपूर में हदयघात से निधन हो गया था जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह नगर अमृतसर ले जाया गया था बस्तर बारिश बस्तर संभाग में बीते दो दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं वहीं बीजापुर जिले में दो ग्रामीणों सहित कई मवेशियों के बहने की खबर है मिली जानकारी के अनुसार बीजापुर जिले के रालापल्ली और सेंड्रापल्ली गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हई है वहीं इंद्रावती नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है कई स्थानों पर नदी का पानी छोटे पुल पुलियों से ऊपर बह रहा है इस वजह से बीजापुर भोपालपट्टनम राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बंद हो गया है बताया जाता है कि रालापल्ली नाले के तेज बहाव में एक मां और बेटी बह गए बाद में मां का शव बरामद कर लिया गया इस बीच पेद्दामाट्र नदी के किनारे दो ग्रामीणों के पानी में फंसे होने की खबर मिली है भोपालपट्टनम के अनुविभागीय अधिकारी दुलीचंद बंजारे ने बताया कि पानी में बह गए लोगों और मवेशियों को ढुंढने के लिए गोताखोरों को लगाया गया है इधर लगातार बारिश की वजह से हजारों एकड़ में खड़ी फसल के प्रभावित होने की आशंका भी बढ़ गई है

शहर में अब तक डेंगू से मरने वालों की संख्या बढ़कर सोलह पहुंच गई है राजीव नगर इलाके में रहने वाली एक महिला और सात महीने के बच्चे की आज इलाज के दौरान मौत हो गई दूर्ग जिले में डेंगू से छह सौ से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जाते हैं इस बीच स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से डेंगू पर काबू पाने के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं नगर निगम के कर्मचारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लोगों को घरों के आस पास साफ सफाई रखने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है गौरतलब है कि दुर्ग शहर के अलावा भिलाई और चरौदा क्षेत्र डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जाते हैं वहीं भिलाई नगर निगम क्षेत्र के बाईस वार्डो को संवेदनशील क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है इन सभी क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज करने में जुटी हुई है दुर्घटना धमतरी जिले में आज हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं चौदह अन्य यात्री घायल हो गए घायलों में चार की हालत गंभीर बताई जाती है जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि आज सुबह जगदलपुर की ओर जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर राखी गांव के पास पलट गई इस घटना में बस के परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई विधायक हड़ताल भूख हड़ताल पर बैठे डोंगरगांव के विधायक दलेश्वर साहू की तबीयत बिगड़ने के बाद आज उन्हें शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है

आज उनकी तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने स्पष्ट किया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव तब तक एक साथ नहीं कराये जा सकते जब तक संविधान में जरूरी संशोधन नहीं किए जाते आकाशवाणी को दिये गये विशेष साक्षात्कार में श्री रावत ने कहा कि इस वर्ष के अंत में छत्तीसगढ़ सहित राजस्थान मध्य प्रदेश और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा का चुनाव नहीं कराया जा सकता है क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है